प्रदेश विधानमण्डल का शीतकालीन सत्र आज से हो रहा है शुरू लोकसभा में कल किन्नर अधिकार संरक्षण विधेयक पारित मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक सदन में पेश केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की सुची का विस्तार करने का लिया निर्णय

न्यायाधीश एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति विनोद गोयल की पीठ ने सज्जन कुमार को आपराधिक साजिश रचने और सांप्रदायिक सदमाव बिगाड़ने का दोषी ठहराया है न्यायालय ने कहा कि सज्जन कुमार को इक्कतीस दिसम्बर तक आत्मसमर्पण करना होगा न्यायालय ने सज्जन क्मार को दिल्ली छोड़कर नहीं जाने का भी निर्देश दिया है उच्च न्यायालय पूर्व कांग्रेस पार्षद बलवान खोखर नौसेना के सेवानिवृत्त कैप्टन भागमल गिरवारी लाल पूर्व विधायक महेन्द्र यादव और किशन खोखर को भी इस मामले में दोषी करार दे चुका है इक्कतीस अक्टूबर उन्नीस सौ चारासी को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की उनके अंगरक्षकों द्वारा हत्या किए जाने के बाद ये दंगे हए थे कांग्रेस नेता सज्जन क्मार को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने का राजनीतिक नेताओं ने स्वागत किया है भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि सच्चाई छुपाने की कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला स्वागत योग्य है

ये सुनिश्चित करने की बजाए कि पीड़ितों को न्याय और दोषियों को सजा मिले कांग्रेस सरकारें बार बार इसे छिपाने के काम में लगी रही सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्द्धन राठौड़ ने कहा कि सज्जन कुमार को सजा सुनाये जाने से उन्नीस सौ चौरासी के दंगों में उनका शामिल होना सिद्द होता है भारतीय जनत पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि उन्नीस सौ चैरासी दंगों के मामलों में सज्जन कुमार के बारे में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय से दंगा पीड़ित परिवारों को राहत मिली है शिरोमणि अकाली दल के नेता प्रेम सिंह चंदुमाजरा ने मांग की है कि दंगों में शामिल अन्य कांग्रेस नेताओं पर भी मुकदमें चलाए जाएं उधर कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस फैसले का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है जो चार दिनों तक चलेगा इस दौरान अनुपूरक बजट भी पेश किया जायेगा उन्नीस दिसम्बर को दोपहर में वित्त मंत्री रो हजार अट्ठारह उन्नीस का दूसरा अनुपूरक बजट पेश करेंगे

आज से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र के सुचारू संचालन के लिये कल सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें मुख्यमंत्री और नेता सदन योगी आदित्यनाथ ने सत्ता पक्ष की ओर से सत्र संचालन में पूरे सहयोग का आश्वासन दिया और कहा कि तथ्यों पर आधारित तार्किक चर्चा के लिये सरकार सदैव तैयार है बैठक में समाजवादी पार्टी के इकबाल महमूद बहुजन समाज पार्टी के लालजी वर्मा कांग्रेस के अजय कुमार लल्लू और अपना दल के नील रत्न सिंह पटेल शामिल हुए और समी ने अपने अपने दलों की ओर से पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया राफेल मुद्दे पर कल भारतीय जनता पार्टी ने देश के लगभग सत्तर स्थानों पर प्रेसवार्ता कर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लखनऊ में भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबेधित करते हुए कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला कांग्रेस के झूठ को बेनकाब करता है श्री जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस को सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिये कांग्रेस ने एक मुहिम चलाई है झूठ बोलो जोर से बोलो बार बार बोलो उनको लगता है कि ऐसा करने से कुछ न कुछ तो विपक ही जायेगा लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैंसले से राफेल के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैंसले से कांग्रेस का पूरा झूठ का पर्दाफारा हो गया है और झूठ झूठ ही होता है वो सच्चाई में तब्दील नहीं हो सकता कांग्रेस ने राफेल मुद्दे पर तीन मुद्दे बार बार उठाये

उधर कानपुर में प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साघते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने राफेल को लेकर जो झूठ का पहाड़ बनाया था उच्चतम न्यायालय ने उसकी हवा निकाल दी है उसे देश की जनता और सेना से मांकी मांगनी चाहिये संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही राफेल विमान सौदे सहित विभिन्न मुद्दों पर कल पांचवें दिन भी स्थगित रही लोकसभा की कार्यवाही भोजनावकाश से पहले बार बार स्थगित किये जाने के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई भोजनावकाश के बाद जैसे ही सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई कांग्रेस सदस्य राफेल विमान सौदे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति जे पी सी के गठन की मांग करते हुए फिर सदन के बीचों बीच पहुंच गए दूसरी ओर सत्ताधारी भाजपा सदस्यों ने कांग्रेस पर राफेल मुद्दे पर देश को भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की लोकसभा ने विपक्षी दलों द्वारा संशोधन की मांग रद्द करते हुए किन्नर अधिकार संरक्षण विधेयक पारित कर दिया शोर शराबे के बीच कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सदन में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम पेश किया उधर राज्यसभा की कार्यवाही भी राफेल लड़ाकू विमान सौदे और कावेरी मुद्रो को लेकर स्थगित रही सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदस्यों द्वारा विरोध और शोर शरावे के बीच सदन की कार्यवाही आज तक के लिए स्थगित कर दी केन्द्रीय आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लामार्थियों की सूची में विस्तार को मंजूरी दे दी है पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने बताया कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने सभी गरीब परिवारों को निःशुल्क एल पी जी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए उज्ज्वला योजना में विस्तार को मंजूरी दे दी है केंद्रीय मंत्री सुश्री उमा भारती ने कानपुर के सरसैया घाट से लेकर गंगा बैराज तक स्टीमर द्वारा गंगा में गिर रहे नालो का निरिक्षण किया सीसामऊ नाले की टेपिंग होने के बाद गंगा में सीवरेज बंद होने पर उमा भारती ने खुशी जाहिर किया सुश्री भारती ने कहा की गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए सब काम करना चाहते है लोगो में आस्था की कमी नहीं है समझ की कमी है उन्होंने कहा की इसका आस्था से नहीं बल्कि समझ से निराकरण होगा भारतीय जनता पार्टी आज और कल राफेल मुददे पर पूरे प्रदेश में जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के पास ज्ञापन भेजेगी

सोनमद्र जिले में कल एक मजदूरों से भरे ट्रक के खाई में गिर जाने से चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि छियालीस लोग घायल है हादसा कल शाम साढ़े पांच बजे रार्बट्सगंज इलाके के पास मारकूंडा घाटी में हुआ जब मजदूरों से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया और खाई में जा गिरा हादसे में घायल लोग मजदूरी करके अपने गांव सांगोबांध लौट रहे थे हादसे की खबर मिलते ही जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सहित उच्च अधिकारी मौके पर पहुंच गये राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है मरने वालों की संख्या बढ़ने का अंदेशा है क्योंकि कई घायलों की हालत गंगीर बताई जा रही है